उन्होंने गरीब व जररूतमंद लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित करने का आहवान किया

कल नामांकन पत्रों की जांच होगी

आज नई दिल्ली मे व्यपक तस्वीर शिखर सम्मेलन में मीडिया के बदलते धरातल विषय पर अपने प्रमुख सम्बोधन में श्री वेमपाती ने कहा कि डिजीटलीकरण के लिए मीडिया कर्मियों में नई कुशलता विकसित करनी होगी उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मंच सांझा करने और विधायी स्तरों पर सामजस्य है श्री वेमपाति ने कहा कि सम्चे मीडिया से संदर्भ सामग्री के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्र का मन की बात कार्यक्रम है जो रोडियो के तैयार किया जाता है और टेलीविज़न यू टयूब और नमो ऐप पर भी इस्तेमाल किया जाता हे हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने समाज के गरीब व जरूरतमंद लोगों का हर परिस्थिति में अपने बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया है और कहा कि यही संविधान निर्माता बाबा भीवराव अम्बेडकर को सच्ची श्रदवाजंलि होगी

राज्यपाल श्री आर्य ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में समतामूलक समाज की व्यवस्था दी है ताकि सबकों आगे बढ़ने का अवसर मिले राज्यपाल ने डॉ अम्बेडकर से ज्ड़े प्ररे साल तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पांच लाख रूपये देने की घोषणा की इस मौके पर पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लपति प्रो राजक्मार ने डॉ अम्बेडकर को श्रद्वाजंलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब के जीवन से प्रबंधन संगठन और प्रशासनिक प्रक्रिया की सीख ली जा सकती है हिसार में भी डॉ बी आर अम्बेदक की प्रतिमा पर श्रद्वास्मन अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजंति अर्पित की गई उपाय्क्त अशोक क्मार मीणा ने कहा कि भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारना और उनकी शिक्षाओं पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्घांजलि होगी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गठित कमेटी प्रबंध समिति में अब विद्यार्थियों के अभिभावकों को अधिक शक्तियां दी जायेगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नये निर्णय अन्सार पूर्व में गठित स्कूल प्रबंध समिति तथा स्कूल विकास समिति का समायोजन कर दिया गया है और स्कूल प्रबंध विकास समिति को भंग करके स्कूल प्रबंध समिति को निश्ल्क एवं अनिवार्य बाल विकास का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले प्रे कार्यक्रम का संचालन करने को अधिकृत किया गया हे स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ मे बताया कि पदेन सदस्यो के अलावा क्षेंत्र के गणमान्य लोगों शिक्षा शास्त्री दानदाता स्व सहायता समूहों साक्षर महिला समूहों को भी समिति की बैठकों में ब्लाया जायेगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम फरीदाबाद में वकीलों के नाम यह फर्जीवाड़ा हआ है शिकायत मिलने पर अतिरिक्त आयुक्त धरीरेन्द्र खरखड़ा को जांच सौंपी है वकीलों के नाम पर निगम के कुछ कर्मचारियों पर फर्जी बिल बना कर लाखों रूपये हड़पने का आरोप है उधर धरीरेन्द्र खरखड़ा ने जांच शुरू करते हए लीगत ब्रांच का औचक निरीक्षण किया हरियाणा के पांच नगर निगमों के लिये नामांकन का काम आज खत्म हो गया

आज कांग्रेस के राकेश शर्मा बसपा इनैलो के संदीप गोयल व भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी के निशान खान ने अपना नामांकन भरा कल शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और अगले दिन नामांकन पत्र वापिस होंगे और चनाव चिन्ह आंवटित किये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दवारा श्हरों के कायाकल्प व सौन्दर्यीकरण के लिए श्रू की गई

भिवानी महेन्द्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने आज इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले सवा साल मे अमृत योजना के तहत भिवानी से विधायक घनश्याम सरार्फ व नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि पहली बार सीवरेज प्रबंधन व पीने के पानी को कार्य का जिम्मा नगर परिषद को मिला है

नारायणगढ़ में महिला प्लिस थाना स्थापित किया गया है अम्बाला की प्लिस अधीक्षक आस्था मोदी ने इसका उदघाटन् करने के बाद कहा कि महिलाओं के विरूदव आपराधिक घटनाओं पर अक्श लगाने और इस मामलों की संवदेनशीलता के दृष्टिगत महिला प्लिस थाने खोले जा रहे है होमगार्ड स्थापना दिवस पर आज सोनीपत की प्रानी तहसील स्थित होम गार्डस परिसर में आयोजित समारोह मे जिला आदेशक विजेन्द्र कुमार ने सभी जवानों को सम्बोधित करते हए कहा कि उन्नीस सौ बासठ को विभाग की स्थापना ह्ई थी और तब से होमगार्ड के जवान अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रहे है उन्होंने हरियाणा रोडवेज और फायर बिग्रेड कर्मियों की हड़ताल के दौरान होमगार्डस के स्वयं सेवकों की ईमानदारी से की गई डयूटी की सराहना की

महिलाओं को आत्मनिभर व स्वावलंबी बनाने को लेकर भिवानी जिला प्रशासन व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आज भिवानी पंचायत मेले में दिशा मेले का आयोजन किया गया